चौबीस घंटे टीकाकरण की अनुमति दी गयी

बिहार में छह लाख छप्पन हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के बाद सबसे अधिक ध्यान शिक्षा कौशल अनुसंधान और नवाचार पर दिया गया है

ये बजट उनको और विस्तार देता है इन्हीं प्रयोगों का परिणाम है कि आज साइटिफिक पब्लिकेशन के मामले में भारत टॉप थी देरों में आ चुका है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

आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन अपनी नॉलेज अपनी स्किल पर पूरा मरोसा हॉ विश्वास हो आत्मविश्वास तमी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रहे हैं और जरूरी स्किल भी दे रहे हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है प्री नर्सरी से पीएचडी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को युवाओं के लिए खोल रही है उन्होंने कहा कि ज्ञान और अनुसंधान को सीमाओं में बांधना राष्ट्र के साथ अन्याय है

साथियों हमारे यहां कहा गया है विद्या ऐसा धन है जो अपने पास तक सीमित रखने से नहीं बल्कि बांटने से बढ़ता है इसलिए विद्या धन विद्या दान श्रेष्ठ है नॉलेज को रिसर्च को सीमित रखना देश के सामर्थ्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय है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 प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है

देश के यूनिवर्सिटी कॉलेज आरएनडी इनस्टीटचूशन्स को में बेहतर सीनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लू ग्रांट का प्रावधान किया गया है जिसके तहत अमी नौ शहरों में इसके लिए जरूरी मैकेनिज्म तैयार किए जा सके शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज कहा कि राज्य में प्रारंभिक स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ाई शुरू होगी विधानसभा में शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा के बाद उत्तर देते हुए श्री चौधरी ने कहा कि इसके तहत मैथिली मगही अंगिका बज्जिका और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं तथा बोलियों में पढ़ाई शुरू हो जायेगी केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए समय सीमा को हटा दिया है और चौबीसों घंटे टीकाकरण की अनुमति दे दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि अस्पतालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे टीकाकरण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करें वे किसी भी समय टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं उन्होंने कहा कि इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके पात्र बन रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी केंद्र सरकार ने आयूष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना और इसी तरह की राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में अनुमति देने का फैसला किया है सभी निजी अस्पतालों की शत प्रतिशत क्षमता का उपयोग करने के लिए यह फैसला किया गया है देश भर में अब तक एक करोड़ छप्पन लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है वहीं प्रदेश में अब तक छह लाख छप्पन हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार टीकाकरण के तीसरे चरण में राज्य में लगभग दो हजार वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण किया गया है वहीं पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के एक हजार अंठावन लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय राजधानी के आर आर अस्पताल में कोविड का पहला टीका लगवाया पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने पटना के एम्स में टीका लगवाया टीका लगवाने वाले वरिष्ठ नागरिकों ने कहा है कि कोविड टीका लेने पर उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई है आकाशवाणी से बातचीत में एक वरिष्ठ नागरिक जेके बार्ले ने बताया कि वे टीकाकरण की प्रक्रिया से संतुष्ट हैं

वहां पे बताया गया कि आपको कुछ असुविधा लग रहा है कुछ बुखार आ रहा है या तो कुछ चक्कर जैसे लग रहा है तो बताइयेगा हमें वहां कुछ देर तक रहा कुछ नहीं हुआ उसके बाद मैं वहां से निकला और निकल के अपना आया अपना काम शुरू किया मुझे कुछ ऐसे फील तो नहीं हुआ शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के स्कूलों में कक्षा एक से नौ तक नामांकन के लिये विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि स्कूलों से बाहर रहे बच्चों को दाखिला दिलाने के लिये आठ मार्च से बीस मार्च तक प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जायेगा राज्य सरकार ने कोविड महामारी के कारण सरकारी स्कूलों में नहीं आने वाले सभी छात्रों को साईकिल और पोशाक समेत अन्य योजनाओं की राशि देने का फैसला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी छात्रों को इन योजनाओं का लाभ देने के लिए चालू शैक्षणिक सत्र में पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट दी गयी है सरकार के इस फैसले से पहली से बारहवीं कक्षा तक के दो करोड़ से अधिक छात्रों को लाभ होगा वहीं कैबिनेट ने प्रदेश की पंचायतों में वर्ष दो हजार छब्बीस तक आरक्षण के प्रावधानों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करने का भी फैसला किया है सरकार के इस फैसले के बाद अप्रैल मई में होने वाले पंचायत चुनाव में पूर्व की तरह चली आ रही आरक्षण व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी वहीं कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम खरीद के वास्ते एक सौ बाईस करोड़ रूपये मंजूर किये गये हैं राज्य सरकार ने आज कहा कि टोपोलैंड यानी असर्वेक्षित भूमि के रैयतीकरण को लेकर फैसला जल्द किया जायेगा विधान सभा में कई सदस्यों के ध्यानाकर्षण के जवाब में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने बताया कि इस तरह की विवादित जमीन के वैध स्वामित्व के निर्णय को लेकर एक समिति का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट आ गयी है

पूर्वी चंपारण के मधुबन में हथियार बंद अपराधियों ने एक फायनांस कंपनी के कार्यालय पर दिन दहाड़े धावा बोलकर लगभग दस लाख रूपये लूट लिये वहीं समस्तीपुर जिले के जितवारपुर में अपराधियों ने एसबीआई की एक बैंक शाखा को निशाना बनाया हथियारों से लैस तीन अपराधी बैंक में घुस गये अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर बैंक कर्मियों से पांच लाख उनतीस हजार रूपये लूट लिये लूटपाट के बाद अपराधी एक ग्राहक का मोबाईल फोन भी लेकर फरार हो गये प्रभारी पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि जिले से लगने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है प्रदेश में आज एक साथ केन्द्रीय और मंडल कारागारों सहित विभिन्न जेलों में औचक छापेमारी की गयी इस दौरान कैदियों के वार्ड की तलाशी में कई जेलों से आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गयी हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि खगड़िया मंडल कारा में छापेमारी के दौरान मोबाईल फोन इलेक्ट्रोनिक उपकरण तार और कई प्रतिबंधित चीजें जब्त की गयी हैं पटना के आदर्श बेऊर जेल में सुबह पांच बजे से चार घंटे तक सघन तलाशी ली गयी इस दौरान एक कैदी के वार्ड से सिम कार्ड जबकि एक खाली कमरे से दो मोबाईल फोन जब्त किये गये हैं इस मामले में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आरोपी कैदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये हैं वहीं तलाशी के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जेल उपाधीक्षक संजय कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छापेमारी के संबंध में पत्रकारों के प्रश्न के जवाब में कहा कि कार्रवाई के दौरान जो भी चीजें सामने आयी हैं उस पर उचित कार्रवाई की जायेगी मौसम विभाग ने कहा है कि पछुआ हवा के कारण पिछले चौबीस घंटों के दौरान तापमान में गिरावट आयी है मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि पछुआ और उत्तर पश्चिमी हवा के प्रभाव से आर्द्रता में कमी आयी है

कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता और प्रदेश कांग्रेस कमिटी के मीडिया सेल के प्रमुख एचके वर्मा का आज निधन हो गया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा समेत विभिन्न दलों के गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

चौबीस घंटे टीकाकरण की अनुमति दी गयी